प्रषासनिक सुधार आयोग के गठन को भी दी मंजुरी

कल संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी

देश में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या एक सौ सैंतिस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से एक सौ तेरह भारतीय हैं और चौबीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्होंने कहा कि अब तक कुल तीन लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से तीसरा महाराष्ट्र से है यह व्यक्ति दुबई से आया था

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श में कहा गया है कि सभी प्रवेश द्वारों या स्वागत कक्षों में हाथ साफ करने के लिए सेनिटाजर्स रखे जाने चाहिए फ्लू जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को समुचित उपचार और क्वारैन्टीन का परामर्श दिया गया है जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जानी चाहिए इधर देष भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों व राष्ट्रीय स्मारकों को ईकतीस मार्च तक बंद कर दिया गया है वहीं रामगढ जिले के छिन्नमस्तिका मंदिर में विदेषी नागरिकों को प्रवेष पर रोक लगा दी गई है वहीं पलामू के हैदरनगर में चैती नवरात्र पर पचीस मार्च से लगने वाला मेला पर जिला प्रषासन ने रोक लगा दी है यहां लगभग सौ सालों से मेला लगते आ रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि परिषद ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सहित अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है उन्होंने बताया कि इस समय आईसीएमआर में बहत्तर प्रयोगशालाएं काम कर रही है

गिरिडीह जिला प्रषासन ने कोरोना वायरस के कारण पोषण पखवाड़ा पर रोक लगा दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने स्थानीय नीति को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है इसमें कमेटी में तीन सदस्य होंगे जिसके लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है वहीं मंत्रिमंडल ने पूर्व विकास आयुक्त श्री देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है श्री गुप्ता को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा यह आयोग पांच सदस्यों वाला होगा छह महीने में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी आयोग को सभी विभागों की संरचना उसके पुनर्गठन और प्रषासनिक सुधार संबंधी कार्यों के लिए अनुषंसा करनी है मंत्रिमंडल ने अन्य फेसलों में सभी प्रखंड कार्यालयों में विधायकों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी वहीं स्टीफन मरांडी को बीस सूत्री कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा वहीं हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के दो न्यायालय के गठन करने की भी स्वीकृति दी गई झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नियोजन नीति पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है न्यायालय में कल संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रषिक्षित हाई स्कूल षिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन और राज्य सरकार की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान कहा गया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी लंबित है और वहां से फैसला आने के बाद ही इस मामले में उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनायेगा राज्य सरकार ने नियोजन नीति के तहत तेरह अनुसूचित जिलों के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया है इसी आरक्षण को चुनौती देते हये अदालत में याचिका दाखिल की गई है हजारीबाग जिले में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अन्तर्गत मां और बाल पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा पोषण रैली किशोरियों के साथ स्वास्थ्य बैठक सुपोषण दिवस सामुदायिक हाथ धोने के कार्यक्रम शिश् विकास प्रशिक्षण कार्य किये जा रहे हैं इसी के तहत आगनबाड़ी सेविकाओं ने घर घर गर्भवती महिला और धात्री माता तथा किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए जागरुकता का संदेष दिया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

लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह बिना हाथ धोये स्पर्श न करें सभी व्यक्तियों को बार बार साब्न पानी से हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए लोगों को खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

उपायुक्त ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर बोकारो जनरल अस्पताल और सदर अस्पताल में लगभग सौ बेड आइसोलेशन वार्ड के लिए सुरक्षित रखा गया है